आज एक प्रेसवार्ता के दौरान श्री गहलोत ने कहा कि निजी अस्पतालों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वो मरीजों का इलाज करें भले ही उनके पास धनराश्नि हो या न हो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ही निजी अस्पतालों की असली परीक्षा होगी उन्होंने जानकारी दी कि केन्द्रीय दल से सभी बिन्दुओं पर चर्चा की गयी उन्होंने मजदूरों की समस्याएं भी दल के सामने रखीं गैरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किये जा रहे उपायों की निगरानी और सहयोग के लिए आया केंद्र सरकार का यह अंतर मंत्रालयिक दल आज जयपुर के दौरे पर है

उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का र्प्याप्त मात्रा में भंडार है और जल्द ही नयी फसल भी पहुंच जाएगी लॉकडाउन के दौरान राशन की दुकानों के जरिए गेहूं वितरित करने की मांग ज्यादा बढ़ गयी है

आज तियासी नये मामले सामने आए हैं इनमें सबसे ज्यादा तिरेसठ मामले जयपुर के हैं जोधपुर में पांच भीलवाड़ा में चार कोटा टोंक जैसलमेर और दौसा में दो दो सवाईमाधोपुर नागौर और झुंझुनू में एक एक व्यक्ति में वायरस की पुष्टि हुई है

राज्य सरकार ने आज कोरोना वायरस की जांच के लिए रैपिड टैस्ट किट को काम में लेने पर रोक लगा दी है

इसी के तहत चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर मेडिकल कॉलेज में तैयार की गई लैब का निरीक्षण किया

अब तक तीन हजार दो सौ बावन मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है

उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों को देखते हुए कोरोना के संकमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन करना आवश्यक है इथर पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने आज पाली जिले के पणिहारी में हालात का जायजा लिया इसके बाद उन्होंने जोधपुर शहर का दौरा किया जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक नवज्योति गोगोई ने बाड़मेर में कोरोना रोकथाम संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की उदयपुर में कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर राज्य सरकार के निर्देशोंनुसार जिला कलेक्ट्रेट परिसर में थर्मल स्कैनर लगाया गया है

बूंदी में सरकारी अस्पताल में सेनेटाइजिंग टैनल का आज लोकार्पण किया गया जालौर में कृषि उपज मंडी में सैनेटाइज मशीन लगायी गयी टोंक शहर में सोलह हजार से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को उनके घर पर ही पेंशन देने की व्यवस्था की गयी है राजसमंद में जिला रसद अधिकारी ने कुम्भलगढ तहसील के खेड़लिया में उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता मिलने पर दुकान का प्राथिकार पत्र निलम्बित कर दिया चूरू में छात्रा गरिमा जांगिड़ ने गार्गी पुरस्कार की राशि से कोरोना वायरस के लिए सेनेटाइजर खरीद कर नगर परिषद को सौंपे लॉकडाउन के दौर में विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान न आएं इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं इसी के तहत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय अहनलाइन श्रिक्षा पोर्टल स्वयं और डीटीएच के माध्यम से प्रसारित किए जाने वाले शिक्षा चैनल स्वयं प्रभा की विस्तृत समीक्षा की है

स्वयं दो के तहत अहनलाइन डिग्री पाठबक्रम की सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी है

सभी कोर्स के विशेषज्ञ रोजाना निर्धारित समय पर अहनलाइन कक्षाएं लेते हैं

ये रेल सेवा देश में दवाइयों चिकित्सा उपकरणों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सहित ई कामर्स कंपनियों को भी लाभ पहुंचाएगी ये रेल प्रदेश के फालना अजमेर और जयपुर में ठहराव करेगी

कृषि मंत्रालय ने कहा है कि संकट के इस दौर में लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की कड़ी में सरकार ने पात्र लोगो को दलहन वितरित करने का निर्णय लिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसका वितरण किया जाएगा मंत्रालय ने कहा है कि एक लाख सात हजार मीट्रिक टन से ज्यादा दलहन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अब तक जारी कर दी गयी है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में सरकार ने साढे तीन करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि जमा करायी है

इथर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी रमजान के दौरान लोगों से लॉकडाउन का पालन कर घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है